गढ़वाल और कुमाऊं आने जाने वाले यात्रियों को पुल से होगी सहूलियत

उन्होंने कहा हरिद्वार महाकृभ से पहले गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने का संकल्प पूरा होगा

इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य विकास कार्यो की घोषणा भी की जिसमें गांवों को जोड़ने के लिए मोटर मार्ग के निर्माण और लामबगड़ गांव में बाढ़ से सुरक्षा के उपाय शामिल हैं इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है शिक्षा स्वास्थ्य सड़क और पेयजल की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये योजनायें बनायी जा रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में युवा स्वरोजगार से जुडेंगे तो पलायन को रोकने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात की समस्या के हल के लिए जाम की संभावना वाले क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि अगली यात्रा सीजन में उन स्थानों पर सुगम यातायात के लिए काम किया जा सके यात्रा मार्गो पर यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस के साथ और अधिक प्रशिक्षित पीआरडी जवानों की क्यू मैनेजमेंट काडर विकसित की जाए ताकि उनका हर यात्रा सीजन में सहयोग लिया जा सके इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा और यात्रा मैनेजमेंट में भी वे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे

सभी भू स्खलन क्षेत्र के लिए अलग से कार्य योजना बनाई जाए ताकि सक्रिय भू स्खलन क्षेत्रों में ठोस कार्य किए जा सके चमोली के जिलाधिकारी डाआशीष चौहान ने बताया कि चारधाम यात्रा अच्छी तरह से चल रही है

स्लग रक्त दान दिवस आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में सेना के वीर जवानों ने रक्तदान किया

उधर चंपावत जिला अस्पताल में इस अवसर पर रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान करने के लिए बढ चढ कर भाग लिया पहाडी जिले में दुघर्टना में घायल लोगों के साथ गर्भवती महिलाओं को अक्सर रक्त की जरूरत पड़ती है जब से चम्पावत जिला अस्पताल में ब्लड बैंक खुला है तब से रक्त के अभाव में होने वाली मौतें कम हो गयी हैं